कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कुल्लू गाड़ागुसेणी रूट की ये बस बंजार से गाड़ागुसेणी जा रही थी घायलों को बंजार अस्पताल में दाखिल करवाया गया है जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को क्षेत्री अस्पताल कुल्लू लाया गया घटना में सभी मृतक गाड़ागुसैणी क्षेत्र के आसपास के गांवों के रहने वाले थे घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी बचाव दल के साथ दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय रेडक्रॉस मेले के शुभारंभ अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही राज्यपाल ने लोगों से राज्य रेडक्रॉस में उदारतापूर्वक दान देने का आग्रह किया ताकि वंचित लोगों की सहायता की जा सके आचार्य देवव्रत ने रेडक्रॉस के स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान शुरू करने पर भी बल दिया उन्होंने रेडक्रॉस के सदस्यों से अन्य सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया इस अवसर पर लगाए गए स्टॉलों का राज्यपाल ने अवलोकन किया और रेडक्रॉस के लिए धन एकत्रित करने वाले विभिन्न स्कूलों व संघों का सम्मानित किया समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने की और हिमाचल में रेडक्रॉस गतिविधियों के विस्तार पर बल दिया

मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने आज शिमला में हुई एक कार्यशाला में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हिम सेवा के माध्यम से लोगों की शिकायतों व समस्याओं का समाधान घर पर ही सुनिश्चित होगा कार्यशाला में मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई हैल्पलाईन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर प्रस्तुति दी गई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक रोहन चंद ठाक्र ने इस सेवा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये सेवा जनता से प्रशासन की ओर सोच पर आधारित होगी और इससे सरकार को पारदर्शी व जवाबदेय प्रशासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा

केलंग बस अडडे से एसडीएम अमर नेगी ने बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि इससे सैलानियों को सुविधा होगी

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा उच्च मार्गों की दयनीय हालत से यहां आने वाले पर्यटक व स्थानीय लोग परेशान हैं राठौर ने बरसात के मौसम से पहले सड़कों की दशा सुधारने की सरकार से मांग की है

उन्होंने आउट सोर्स पर रखे गए सफाई कर्मचारियों को भूगतान चैक या ऑनलाईन पैमेंट के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में करने के अधिकारियों को निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मचारियों के खाली पद स्वास्थ्य पदोन्नति नियमितिकरण और न्यूनतम वेतन सहित विभिन्न मुददों पर विस्तार से चर्चा की

बैठक के दूसरे दिन आज तीन सत्रों का आयोजन किया गया जिनकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की

समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत गौरवमयी इतिहास बन गई है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक सशक्त और निर्णायक सरकार का पुनः गठन हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में विजय प्राप्त करना ही भाजपा एक मात्र लक्ष्य नहीं बल्कि जनआशाओं व आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए देश को विकास के ऊंचाईयों तक ले जाना है

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दृष्यंत कुमार गौतम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी बैठक को संबोधित किया

इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा इस वर्ष के आयोजन का विषय है इदय के लिए योग इधर प्रदेश में भी योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

राज्यपाल आचार्य देवव्रत व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में योग की विभिन्न क्रियाएं करेंगे

किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने पैंशन अदालत के शुभारंभ अवसर पर कहा कि दूरदराज इलाकों में ऐसे आयोजन से पैंशनरों की पैंशन संबंधी शिकायतों का आसानी से निपटारा होता है उप महालेखाकार रनदीप कौर ओजला ने कहा कि पैंशन अदालत के दौरान जीपीएफ और पैंशन संबंधी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा इस दौरान लोगों को डिजिटाईजेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी

इस दौरान सभी रक्षा पैंशन धारकों सैनिकों की विधवाओं व आश्रितों की पैंशन संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा

लोगों का कहना है कि ऑटो में निर्धारित सवारियां बिठाने के बजाए ओवर लोडिंग भी कर रहे हैं उन्होंने प्रशासन से इस बारे में उचित कार्रवाई की मांग की है उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में आरटीओ को जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषी ऑटो चालकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी